मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश के लिए पंसदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है शिमला में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सीटी पॉवर लिमिटेड नई दिल्ली के कोरपोरेट मामलों के निदेशक एसके मिश्रा के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए एक नीति तैयार की है

बधाई जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एक एजेंसी के सर्वे में देश में बैस्ट परफॉरमिंग मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है उन्होंने कहा कि ये सर्वे राज्यों मे सभी मुख्यमंत्रियों की संतोषजनक रेटिंग के आधार पर किया गया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश न केवल प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है बल्कि कोरोना महामारी से भी प्रभावी तरीके से निपट रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाने के उद्रेश्य से आवश्यक वस्त् अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन से अनाज तिलहन आलू प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दी है आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है साईकिलिंग विश्व साईकिल दिवस पर प्रदेश साईकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी राज्यपाल ने कहा कि साईकिल परिवहन का सरल रूप है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्र साईकिल पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए पसंदीदा स्थल हो सकते हैं गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज मनाली के नागरिक अस्पताल का दौरा किया उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों से उनका हालचाल जाना

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में चिकित्सकों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है कांगड़ा ज़िले मे जसवां परागपुर के नंगल चौक में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद विकास की विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से अमलीजामा पहनाया जा रहा है बिक्रम ठाक्र ने बताया कि राज्य में पेयजल किल्लत के समाधान के साथ सड़कों की दशा सुधारने का कार्य भी तीव्र गति से शुरू किया गया है

यह अधिसूचना पहली जुलाई से लागू होगी

निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी अन्राग ठाक्र केंद्रीय वित्त व कोरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाते समय विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की और उसी आधार पर नीतियां बनाई गई

इनमें से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश एक दिल्ली और एक अन्य पठानकोट से वापस लौटा है जबकि एक अन्य मामले में व्यक्ति की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है हमीरपुर ज़िले में दिल्ली और मोहाली से लौटे दो युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मंडी ज़िले में भी दो युवकों में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हुई है सुंदरनगर के मलोह क्षेत्र के रहने वाले युवा मुंबई से वापस लौटे थे उधर किन्नौर ज़िले के दो व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है सांगला के रहने वाले इन दोनों व्यक्तियों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है शिमला जिला के रामपुर और बिलासपुर में भी एक एक नए मामले की पुष्टि हुई है

इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में पार्टी के ज़िला पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि ज़िले के तीनों मंडलों में ब्रथ स्तर पर पत्रक और फोल्डर बांटे जाएंगे जिसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने तीन कोविड अस्पतालों नेरचौक टांडा और आईजीएमसी को वैंटिलेटर और आवश्यक उपकरण दान देने का निर्णय लिया है शिमला में आज पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई पार्टी के आपदा सैल की बैठक में ये फैसला लिया गया राठौर ने आपदा सैल को इन उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए शांडिल कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा शिमला में आज समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है इस बीच शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने ज़िला ब्लॉक अध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की उन्होंने सभी से कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों की मदद करने का आहवान किया

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ये परीक्षाएं मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई थी

निरीक्षण हमीरपुर के एनआईटी परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज औचक निरीक्षण किया उन्होंने इस केन्द्र में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर सेवाओं के संबंध में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया